अब समाचार विस्तार से प्रकाश जावडेकर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है श्री जावडेकर ने नई दिल्ली में कहा कि देश ने श्री मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में कई उपाय किये हैं उन्होंने कहा कि विश्व न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में श्री मोदी को सुनने के लिए उत्सुक हैं ई सिगरेट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है कल केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने ई सिगरेट के उत्पादन आयात वितरण और बिक्री पर अध्यादेश को स्वीकृति दी थी इस मामले पर गठित मंत्री समूह की अध्यक्ष वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मंत्रिमण्ड्ल ने ई सिगरेट और इस तरह के अन्य उत्पाद जो विशेषकर युवाओं के लिए हानिकारक हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि इस मामले में संसद के अगले सत्र में विधेयक लाया जाएगा अध्यादेश की मंजूरी के बाद अब ई सिगरेट का उत्पादन आयात निर्यात लाने ले जाने बिक्री और उसका विज्ञापन संज्ञेय अपराध होगा पहली बार उल्लंघन करने वालों को एक साल की कैद और एक लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है अपराध को दोहराने पर तीन साल की जेल और पांच लाख रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है ई सिगरेट का भंडारण करने वालों को छह महीने की जेल की सजा या पचास हजार रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है

देहरादून में आयोजित बैठक में उन्होने अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन को रोज देखना अपनी आदतों में शामिल करें जो शिकायत आपके विभाग से सम्बन्धित नही है उसे सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित किया जाये उन्होंने अधिकारियों को संवादहीनता व संवेदनहीनता से बचने के निर्देश देते हुए कहा कि आपसी संवाद से ही समस्याओं का समाधान निकलता है मुख्यमंत्री ने संवेदनशील होकर हेल्पलाइन में प्राप्त समस्याओं का समय से समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय नियमित रूप से सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की मॉनिटरिंग कर रहा है गौरतलब है कि प्रदेश सरकार गुड गवर्नेस के प्रति पूरी तरह समर्पित है इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा का प्रशिक्षण पूरा हो गया है इस सेवा से आम लोगों की पहुंच सीधे तौर पर मुख्यमंत्री तक होगी और लोग अपनी शिकायतों को मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं

हाईकोर्ट पंचायत चुनाव नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले दावेदारों को अयोग्य घोषित करने वाले पंचायती राज संशोधन एक्ट को रद्द कर दिया है

लेकिन हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए शैक्षिक योग्यता और उप प्रधान के चुनाव सम्बन्धी शासनादेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया था जिसे आज खंडपीठ ने सुनाया आपको बता दें कि उत्तराखंड पंचायत संगठन के पूर्व अध्यक्ष समेत कुछ अन्य लोगों ने सरकार के पंचायती राज संशोधन एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी टाइगर रिजर्व देशभर के टाइगर रिजर्व में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करेगा इसके लिए देश के टाइगर रिजर्व में कार्यरत छह कर्मचारियों को एक एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा इसमें दो फॉरेस्टर दो फोरेस्ट गार्ड और दो दैनिक कर्मचारियों को चुना जाएगा जिनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना है इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन भी अपने यहां इस दायरे में आने वाले कर्मठ कर्मचारियों के नामों को एनटीसीए को भेज रहा है शपथ हरिद्वार कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार के एक कॉलेज में स्वच्छता ही सेवा संकल्प की श्रृंखला में छात्र छात्राओं को सिंगल यूज प्लास्टिक से जिले को मुक्त कराये जाने की शपथ दिलायी छात्रों ने प्लास्टिक के टिफिन चम्मच गिलास प्लेट बोतल के प्रयोग को त्यागकर स्टील या कांच के बर्तनों को प्रयोग करने की शपथ ली कैबिनेट मंत्री ने सभी बच्चों को प्रधानमंत्री के अभियान में सहभागी बनने और प्लास्टिक से बनी चीजों का प्रयोग बंद करने के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील की

साथ ही ग्लेशियर तक के रास्तों में पड़े कूड़े को एकत्र कर अपने साथ वापस लाएंगे पिंडारी ग्लेशियर में स्वच्छता अभियान पर निकले दल को आईएमएफ के अध्यक्ष कर्नल एचएस चौहान ने दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया दल के सदस्यों ने कहा कि वे स्वच्छ मिशन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे दल के लीडर कर्नल एसपी मलिक ने बताया कि अभियान के दौरान पिंडारी ग्लेशियर के पास बेस कैंप में टीमें बनाकर ट्रेल दर्रे की ओर जाकर अजैविक कूड़े को एकत्रित किया जाएगा यह दल पिंडारी के शीर्ष पर ट्रेल दर्रे को पार कर मिलम घाटी में निकलने का प्रयास करेगा उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले नंदा देवी चोटी आरोहण के दौरान एवलांच की चपेट में आकर बर्फ में दबे सात विदेशी और एक भारतीय लाइजन अफसर की खोज और बचाव के तहत सात पर्वतारोहियों के शव निकाल लिए गए थे दल के लीडर मार्टिन मोरेन का शव नहीं मिल सका था कर्नल एसपी मलिक ने बताया कि ग्लेशियर के कैंपों से कूड़ा एकत्रित करने के साथ साथ उनका दल मार्टिन मोरेन के शव को भी ढूंढने का प्रयास करेगा

इस प्रतियोगिता को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की थीम पर आयोजित किया जा रहा है प्रतियोगिता में प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी अदिति भट्ट को आइकन बनाया गया है इस मौके पर उत्तराखण्ड बैडमिंटन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि यह प्रतियोगिता दो श्रेणियों में होगी पहली श्रेणी में सामूहिक प्रतियोगिता होगी और दूसरी श्रेणी में व्यक्तिगत तौर पर खेला जाएगा इसमें से जो टीम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी वह ईस्ट जोन की तरफ से नेशनल स्तर पर खेलेगी सेना प्रमुख सेना प्रमुख बिपिन रावत आज जोशीमठ से सेना के हेलिकाप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे सेना प्रमुख ने अपनी धर्मपत्नी संग बद्रीनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की इसके बाद वे देश के अंतिम गांव माणा भी गए जनरल बिपिन रावत ने मंदिर समिति के पदाधिकारियों से भी मुलाकत की बदरीनाथ धाम के बाद सेना प्रमुख गंगोत्री धाम पहुंचे और मां गंगा की पूजा अर्चना की उन्होंने धाम में तपोवन हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी और योग ध्यान केंद्र गंगोत्री के संस्थापक और हिमालय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर स्वामी सुंदरानंद से भी मुलाकात की इससे पहले कल सेना प्रमुख अपने परिवार संग जोशीमठ पहुंचे थे

कुमाऊं आयुक्त अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल आयुक्त राजीव रौतेला ने राजस्व पुलिस एवं अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान में उच्च स्तर का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये हैं अल्मोड़ा में संस्थान के निरीक्षण के दौरान कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि यह प्रदेश का एक महत्वपूर्ण संस्थान है इसलिए यहां पर दिया जाने वाला प्रशिक्षण बेहतर होना चाहिए ताकि प्रशिक्षणार्थी अपने कार्य में दक्ष बन सके आयुक्त ने कहा कि संस्थान में प्रशिक्षण का स्तर बनाये रखने के लिए जल्दी ही यहां पर रूद्रपुर स्थित उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिलाये जाने का प्रयास किया जायेगा कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देने के लिए अल्मोड़ा कैम्पस और निजी संस्थानों के विशेषज्ञों के पैनल के जरिए प्रशिक्षण दिया जायेगा हाईकोर्ट आरक्षण चक्र नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण चक्र को गलत तरीके से लागू करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने कहा है कि सरकार द्वारा की गयी पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया सही है